मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में बताया कि ये कार्य जल्द पूरा किया जाएगा जिससे राज्य के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ये मामला उठाया था और ये निर्णय इसी का परिणाम है

अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से लागू हो गया है केंद्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी

इसके तहत पार्टी ने आज सोलन ज़िले के कुमारहट्टी में लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि ये अधिनियम मानवीय संवेदनाओं का ऐतिहासिक दस्तावेज़ है और इस महत्वपूर्ण संशोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं सोलन मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस अधिनियम को लेकर लगातार भ्रांतियां फैला रहे हैं भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सैनिक स्कूलों में सस्ती शिक्षा देने पर बल दिया है ताकि प्रत्येक वर्ग को इन स्कूलों का लाभ मिल सके नई दिल्ली में सैनिक स्कूल संगठन के संचालक मण्डल की बैठक में उन्होंने कहा कि इससे समावेशी समाज का निर्माण भी संभव हो सकेगा शिक्षा मंत्री ने वर्तमान परिवेश में सैनिक स्कूलों के महत्व पर चर्चा की और सुझाव भी दिए परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए युवाओं से महापुरूषों के आदर्शों का अनुसरण करने का आहवान किया है वे कांगड़ा जिले में फतेहपुर के देहरी में स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती के उपलक्ष्य में एबीवीपी द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे परमार ने कहा कि किसी भी देश के युवा उसका भविष्य होते हैं और उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द उच्च विचारों वाले ऐसे महापुरूष थे जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं

इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कृछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे मौसम प्रदेश में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब तक भी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है हालांकि शिमला जिले के उपरी इलाकों के लिए आज यातायात व्यवस्था को आंशिक तौर पर बहाल कर दिया गया है सड़क पर फिसलन के चलते अधिकतर भागों में लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने आकाशवाणी को बताया कि शहर के अधिकतर मार्गो पर यातायात बहाल कर दिया गया है और बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं उधर हिमपात से लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा कुल्लू और शिमला जिले के कई इलाकों में विद्युत व पेयजल आपूर्ति अभी भी बाधित बनी हुई है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन क्षेत्र में निहोग से बोहरलीघाट के लिए सड़क की आज आधारशिला रखी

बाद में राजीव बिंदल ने निहोग स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया

बिलासपुर में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिनी मैराथन को हरी झण्डी दिखाई चम्बा में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी